ऐसे जिले जो रेड अथवा ग्रीन क्षेत्र में नहीं आयेंगे उन्हें ऑरेंज क्षेत्र समझा जाएगा रेड क्षेत्र ऑरेंज क्षेत्र और ग्रीन क्षेत्र में आने वाले जिलों की सूची स्वास्थ्य मंत्रालय साप्ताहिक आधार पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जारी करेगा

आधिकारिक सूत्रों के अन्सार कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के प्रयासों के बीच राज्य में सिनेमाघर तीन मई तक बंद करने के आदेश थे

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी घोषणा की है कि देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे राज्य के एक लाख मजदूरों को विशेष रेलगाड़ियों द्वारा वापस लाया जाएगा अतिरिक्त मुख्य सचिव आईसीपी केशरी ने बताया कि महाराष्ट्र ग्जरात तमिलनाइ कर्नाटक आंध्र प्रदेश और गोवा में प्रदेश के हजारों मजदूर फंसे हुए हैं सतना बंदर भोजन देश में बेसहारा लोगों के लिए तो भोजन की समुचित व्यवस्था की जा रही है लेकिन बेज्बान जानवरों के लिए ऐसा कम ही देखने को मिल रहा है उधर सतना जिले में एक अनूठी पहल की जा रही है इसके तहत यहां सामाजिक संस्था और प्रशासन के सहयोग से वानरों के लिए भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है

इतना ही नही यहां अन्य बेज्वान जानवरों का भी ख्याल रखा जा रहा है

इस योजना के तहत हर महिला लाभार्थी को पिछले महीने से पांच पांच सौ रुपये की तीन किस्तें दी जानी हैं

कल देर रात उनका कैंसर से निधन हो गया था